अब समाचार विस्तार से गर्वनर कॉन्फ्रेंस उप समिति बैठक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सुझाव दिया है कि जनजातीय वर्ग के पट्टाधारी किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत छह हजार रूपये के स्थान पर बारह हजार रूपये का अनुदान दिया जाना चाहिए सुश्री उइके ने यह सुझाव आज नई दिल्ली में गर्वनर कॉन्फ्रेंस के लिए गठित उप समिति की बैठक में दिया इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की बैठक में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा सहित छत्तीसगढ़ ओडिशा मेघालय त्रिपुरा असम और मिजोरम के राज्यपाल शामिल हुए बैठक के दौरान जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उनके लिए किए गए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में सुधार पर चर्चा हई सुश्री उइके ने यह भी सुझाव दिया कि नक्सल प्रभावित व्यक्तियों और आत्मसमर्पण करने वाले ग्रामीणों के संपूण पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए इसके तहत उन्हें रोजगार आवास शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए केंद्रीय मंत्री जवाहर विद्यालय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये देश के नौ नए जवाहर केंद्रीय विद्यालयों का शिलान्यास किया इनमें गरियाबंद जिले के पाण्डुका में बनने वाला जवाहर केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है इस विद्यालय का निर्माण केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाले चौंतीस करोड़ रूपये की राशि से किया जाएगा आदिवासी बहुल क्षेत्र पाण्डुका के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में यह विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पाण्डुका में आयोजित कार्यक्रम में विधायक और पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए

तीन दिन का यह मेला सहकारी समितियों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े मंच की भूमिका निभाएगा और इससे गांवों और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी मेले में छत्तीस देशों के संगठन भाग ले रहे हैं इसका उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सहकारिता भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है उन्होंने बताया कि इस मेले में भारत की डेढ़ सौ से ज्यादा सहकारी समितियां हिस्सा ले रही हैं उन्होंने कहा कि डिलीवरी और हाट व्यवस्था जैसी चुनौतियों पर चर्चा करने का यह ऐतिहासिक अवसर है व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और मार्कफेड ने भी अपना स्टॉल लगाया है इन स्टॉलों में वन उत्पादों के साथ ही धान खरीदी से लेकर संग्रहण और विपणन की जानकारी दी जा रही है इन स्टॉलों का निरीक्षण आज छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने किया और ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी ली गांधी विचार पदयात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर आज से प्रदेश के सभी विकासखंडों में गांधी विचार पदयात्रा शुरू हुई इस पदयात्रा के जरिये गांधी जी के आदर्शो और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा पदयात्रा सत्य अहिंसा स्वावलंबन और करूणा के विचार पर आधारित होगी ब्लॉक स्तरीय गांधी विचार पदयात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी विचारधारा के अनुयायी स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हो रहे हैं आज दंतेवाडा जिले के विकासखंड चित्तानुर और हाउरनार में आयोजित पदयात्रा में विधायक देवती कर्मा शामिल हुई वहीं कांकेर जिले में ग्राम दशपुर और जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में आयोजित पदयात्रा में जनप्रतिनिधि सहित बडी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए इस पदयात्रा का समापन सत्रह अक्टूबर को होगा बालिका दिवस आज अन्तर्राट्रीय बालिका दिवस है इसका उद्देश्य बालिकाओं के सामने मौजूद चुनौतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना उनका सशक्तिकरण करना और उन्हें उनके अधिकार देना है इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने द्वीट कर लोगों से आग्रह किया है कि वे समाज में लड़के लड़कियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए प्रतिबद्वता बनाये रखें

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि उसूर थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम को रवाना किया गया था इसी दौरान टेकमेटला के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक माओवादी मारा गया जिसका शव बरामद कर लिया गया है वहीं मौके से एक भरमार बंद्रक और बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है इस बीच बीजापुर जिले में ही बासागुड़ा थाना क्षेत्र के मल्लेपल्ली इलाके से सुरक्षा बलों की संयुक्त गश्त पार्टी ने दो स्थायी वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर लूटपाट हत्या और अपहरण के आरोप हैं वायुसेना भर्ती रैली भारतीय वायुसेना द्वारा धमतरी जिले में आगामी तेरह से उन्नीस अक्टूबर तक भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा स्थानीय बाबू पंढरीराव कृदत्त इंडोर स्टेडियम में सुबह पांच बजे से आयोजित इस भर्ती रैली में प्रदेशभर के अभ्यर्थी शामिल होंगे यह भर्ती रैली दो चरणों में होगी पहले चरण के तहत तेरह और चौदह अक्टूबर को होने वाली इस रैली में तेरह जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे इनमें बालोद बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा दुर्ग गरियाबंद कांकेर कोंडागांव महासमुंद नारायणपुर रायगढ़ राजनांदगांव और सुकमा शामिल हैं इसी तरह दूसरे चरण में सोलह और सत्रह अक्टूबर को होने वाली रैली में चौदह जिलों धमतरी रायपुर बलौदाबाजार बलरामपुर बेमेतरा बिलासपुर जांजगीर चांपा जशपुर कवर्धा कोरबा कोरिया मुंगेली सरगुजा और सूरजपुर के प्रतिभागी शामिल होंगे पीडीएस चावल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से नवंबर और दिसंबर माह का चावल एक साथ दिया जाएगा खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसके लिए चावल महोत्सव का आयोजन जनप्रतिनिधियों की निगरानी में किया जाएगा इस दौरान कलेक्टर और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे राशन कार्डधारी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार नवंबर दिसंबर माह का चावल एक साथ या अलग अलग महीने में भी ले सकते हैं खाद्य वितरण संबंधी जानकारी सभी उचित मूल्य की दुकानों के सूचना पटल पर अंकित किया जाना जरूरी होगा

इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन उनका साहित्स से लगाव और उनके जीवन की मुख्य घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के अमूल्य योगदान की झलक भी प्रदर्शित की जाएगी सोलह अक्टूबर तक चलने वाली यह प्रदर्शनी सुबह ग्यारह बजे से रात आठ बजे तक लोगों के लिए खुली रहेगी प्रदर्शनी के दौरान प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की तीसरी कड़ी का प्रसारण परसों तेरह अक्टूबर को होगा यह प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के अलावा एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग की भावनाओं सवालों और सुझावों से अवगत होने तथा अपने विचार साझा करने के लिए लोकवाणी रेडियोवार्ता शुरू की है